उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक था प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बताना चाहते है कि वे यह न भूलें कि अधिकार और कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण है और वे एक दूसरे से जुरे हुए हैं श्री मोदी ने कल लखनऊ में लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि भारत अप्रत्याशित सफलता के साथ वर्ष दो हजार बीस में प्रवेश कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के सामने मौजूद समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के प्रयास कर रही है

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पष्ठ किया है कि किसी बाहरी व्यक्ति को चाय बागान की अतिरिक्त भूमि नहीं दी जाएगी चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले लोगों से की गई अपील में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि यह अफ्वाह फैलाई जा रही है कि राज्य में लाखों बंग्लादेशी हिंदू घुस जाएंगे और चाय बागान में काम कर रहे लोगों के रोजगार पर कब्जा कर लेंगे श्री सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि ये बातें निराधार है और नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानों के अनुसार अब कोई भी बंगलादेशी असम में बस नहीं पायेंगे मुख्यमंत्री ने चाय बागान में रह रहे लोगों से अपील की कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार देशभर के आकांक्षी जिलों में पिचहत्तर अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेकों में परिवर्तन करेगी उन्होंने यह बात कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में उनचास अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिनमें छह ओड़िसा के होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में दो और मेडिकल कॉलेज खोलने के ओडिसा सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र ने आकांक्षी जिलों की सूची में ओड़िसा के दस जिलों को शामिल किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत पच्चपन करोड़ लोग निशुल्क उपचार की सुविधा के हकदार हैं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में सत्तर लाख से अधिक लोगों ने बीस हजार अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सेवा का लाभ उठाया उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत के अंतर्गत डेढ़ लाख़ स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना है जिनमें से पच्चीस हजार पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने नीति निर्माताओं से कहा है कि वे शासन के केंद्र में मौजूद नागरिकों के कल्याण पर जोर दें और गरीबों और दबे कुचले लोगों के उत्थान में जुट जाएं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज आंध्र प्रदेश के क्रष्णा जिले के अतक्रु स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट भवन में प्रष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि सेवाओं में सुधार की शैली अपना कर योजनाओं के लाभ को योग्य लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना सुशासन के लिए महत्वपूर्ण कदम है श्री वेंकैया नायड्र ने हर नागरिक का आह्वान किया कि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में जिम्मेदारी और पारदर्शिता का भी पचियय दें जिससे समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों के कल्याण के प्रयास सफल हों

केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले साल मार्च तक भारतनेट के माध्यम से देशभर के सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई सेवाए प्रदान कर दी जाएंगी